वे मेरिन्यैक में फ्रांस की रक्षामंत्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ रफाल लडाकू विमान सौपें जाने के समारोह में शामिल होंगे रक्षामंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मिलेंगे वे विजय दशमी के अवसर पर फ्रांस में शस्त्र पूजा भी करेंगे राजनाथ सिंह फ्रांस के रक्षामंत्री के साथ वार्षिक रक्षा वार्ता करेंगे वे फ्रांस के रक्षा उद्योग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को मेक इन इंडिया कार्यक्रम और अगले वर्ष फरवरी में लखनऊ में होने वाली रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेंगे

इस केन्द्र की स्थापना को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है इससे करदाताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी इसके साथ ही प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करते हुए करदाताओं की शिकायतें कम करने और कारोबारी सुविधा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी नई प्रणाली के तहत करदाताओं को कर अधिकारियों से संपर्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर के दो दिवसीय दौरे पर है वे यहां विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे है

पुलिस अधीक्षक सरद चौधरी ने इस मामले में थानाधिकरी को प्रथम दृष्टयां लापरवाही का दोषी माना हमारे संवाददाता ने बताया कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है

इस दिन सिद्धिदात्री रूप में महिषासुरमर्दिनी भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है इस मौके पर मन्दिर और घरों में विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे है उदयपुर के सिटी पैलेस स्थित माणक चौक में आज महानवमी के अवसर पर अश्व पूजन होगा कार्यक्रम में मेवाड़ राजघराने से जुड़े लोग और देशी विदेशी पर्यटक मौजूद रहेंगे वहीं कल विजयादशमी का त्योहार मनाया जाएगा इस दौरान प्रदेशभर में विभिन्न स्थानों पर रावण मेघनाथ और कुंभकरण के पुतलों का दहन किया जाएगा